उन्होंने हालहीं में राज्य के सभी बाईस जिलों के दौरे के अंतर्गत विकास परियोजनाओं के संबंध में अधिकारियों और स्थानीय लोगों के साथ बातचीत से अवगत कराया राज्यपाल ने स्वच्छ भारत अभियान प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और क्रषि विकास योजनाओं के कार्यान्वयन के बारे में प्रधानमंत्री को विस्तृत जानकारी दी उन्होंने राज्य में युवा कल्याण से संबंधित गतिविधियों से भी उन्हें अवगत कराया प्रधानमंत्री राज्य के लोगों को शुभकामनाए देते हुए विकास योजनाओं का लाभ सभी लोगो तक पहुंचाने के लिए प्रभावी तरीके से योजनाओं को लागू करने पर जोर दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए दो दिन की यात्रा पर कल चीन रवाना होंगे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कल नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि सम्मेलन के दौरान क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा प्रवक्ता ने बताया कि श्री मोदी चीन के राष्ट्रपति षी चिनफिंग के साथ कल बातचीत करेंगे श्री रविश कुमार ने बताया कि शंघाई सहयोग संगठन्न के सम्मेलन का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच मौजूदा संबंध और मजबूत करना है श्री कुमार ने कहा कि भारत आतंकवाद से मुकाबले रुप से ध्यान केंद्रित करेगा भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि लघु अवधि के तीन लाख तक के फसल ऋणों पर ब्याज में सब्सिडी देने की योजना चालू वित्त वर्ष से प्रत्यक्ष अंतरण लाभ डी बी टी के माध्यम से लागू की जाएगी रिजर्व बैंक की अधिसूचना में बताया गया है कि केंद्र ने साल दो हजार अट्ठारह उन्नीस में लघु अवधि के फसल ऋणों पर ब्याज सब्सिडी के लिए पंद्रह हजार करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं योजना के अनुसार किसान सब्सिडी युक्त ब्याज दर पर तीन लाख़ रुपए तक के लघु अवधि एक फसल ऋण ले सकते है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि कोई भी क्षेत्र शांति के बिना विकास नहीं कर सकता अगरतला में कल शाम त्रिपुरा सरकार द्वारा आयोजित नागरिक अभिनंदन समारोह में श्री कोविंद ने कहा कि केंद्र पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र के साथ त्रिपुरा के विकास के लिए हरसंभव प्रयास कर रहा है महिला सशक्तिकरण के बारे में श्री कोविंद ने कहा कि त्रिपुरा इस दिशा में काफी आगे है उन्होंने इस बात पर बल दिया कि त्रिपुरा आसियान देशों के साथ व्यापार बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने फेसबुक से इस बारे में पूरे तथ्यों के साथ बीस जून तक रिपोर्ट मांगी है

राज्य के बागवानी मंत्री डॉ मोहेश चाई ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की आय वर्ष दो हजार बाईस तक दोगुनी करने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कृषि और इससे संबद्ध विभागों पर ज्यादा ध्यान दे रही है राज्य सचिवालय ईटानगर में विभागीय अधिकारियों के समन्वय बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने राज्य में बाग़वानी पद्धतियों में सुधार करने और नवाचार को बढ़ावा देने का आह्वान किया तिरप जिला मुख्यालय खोंसा में आज सामाजिक सेवा कार्यक्रम आयोजित किया गया जिला प्रशासन द्वारा आयोजित इस विशेष स्वच्छता अभियान में जिला उपायुक्त कार्यालय स्क्रली शिक्षा उपनिदेशक कार्यालय जिला स्वास्थ्य अधिकारी मलेरिया नियंत्रण विभाग बी डी ओ कार्यालय सहित कई अन्य विभागों के कर्मियों ने हिस्सा लिया प्रभारी जिला उपायुक्त एच क्री ने प्रत्येक शनिवार को कर्मचारियों से सामाजिक सेवा कार्यक्रम के तहत स्वच्छता अभियान चलाने को कहा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 आज का अधिकतम तापमान छत्तीस दशमलव आठ डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान चौबीस दशमलव सात डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया